उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन महामारी के दौरान भी सरकार अथक अभियान के रूप में जल जीवन मिशन पर काम कर रही है प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी श्री मोदी ने जल परियोजना को मणिपुर की जनता के लिए बहत महत्वपूर्ण बताया केन्द्र सरकार ने हर घर जल के लक्ष्य के साथ दो हजार चौबीस तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित पर्याप्त और साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरूआत की है यह मिशन पानी के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है मिशन के मुख्य घटक सूचना शिक्षा और संचार हैं इसमें पानी के लिए जन आन्दोलन की पहल की गई है ताकि उसे प्रत्येक व्यक्ति की प्राथमिकता बनाया जा सके भारत में करीब उन्नीस करोड़ घर हैं लेकिन केवल चौबीस प्रतिशत घरों में ही पाइप के जरिये स्वच्छ जल उपलब्ध है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन की जांच क्षमता में लगातार वृद्वि करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय प्रतिदिन पचपन हजार नमुनों की जांच की जा रही है जिसे और बढ़ाने की आवश्यकता है उन्होंने रैपिड एन्टीजन विधि से वर्तमान में किए जा रहे बीस हजार टेस्ट को बढ़ाकर पचास हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने पर बल दिया है लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आज एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हए कहा कि इसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक शनिवार व रविवार को संचालित विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं यह अभियान कोविड नाइन्टीन और संचारी रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने जिलों के नोडल अधिकारियों को सम्बंधित जनपदों की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्य सचिव को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए उन्होंने शासन के अधिकारियों को फील्ड में तैनात अधिकारियों से नियमित संवाद बनाए रखने के भी निर्देश दिए आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है आज ही के दिन उन्नीस सौ सत्ताईस में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था इस अवसर पर सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को अपनी श्मकामनाएं दीं एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेडियो ही एक ऐसा माध्यम है जो देश के कोने कोने में लोगों को समाचार देने और उनका मनोरंजन करने का काम करता है आकाशवाणी का ही समाचार सेवा प्रभाग भारत और विदेशों में श्रोताओं को समाचार और नित नये विचारों से अवगत कराता रहा है आकाशवाणी ने सदैव ही अपने आदर्श वाक्य बह्जन हिताय बह्जन सुखाय को चरितार्थ किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डॉयल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं देश में अब तक कुल सात लाख बयासी हजार छः सौ सात रोगी कोविड नाइन्टीन महामारी से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने आज कहा कि पिछले चौबीस घंटों में रिकार्ड उन्तीस हजार पांच सौ सत्तावन कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो हजार पांच सौ उन्तीस नए मामले सामने आए हैं यह एक दिन में कोविड नाइन्टीन के मामलों की सर्वाधिक संख्या है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि राज्य में अब तक पैंतीस हजार आठ सौ तीन लोगों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छट्टी दी जा चुकी है जबकि क्ल इक्कीस हजार तीन मरीजों का विमिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से अब तक एक हजार दो सौ अट्ठानबे लोगों की मृत्य् हई है उधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौवन हजार आठ सौ सत्तानबे कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक क्ल सोलह लाख चौवन हजार छः सौ इक्यावन नमूनों की जांच की जा चुकी है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञोंकी राय श्रृंखला में कोविड महामारी के बारे में वरिष्ठचिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिए साफ सफाईऔर सुरक्षित दूरी बनाये रखने को कहा है खांसने के समय ऐसाखांसना छाँकना चाहिये कि दूसरे के उपर नहीं जाये

एक इसमें और चीज आती है वो आती है किस्टेसिंगका जब वो खांसता छींकता है तो एक से दोमीटर तक वो जा सकती है अगर आप पहले ही एक दो मीटर का प्रासला बनाकर रखेंगे तो उसका आप तक पहचने का अंदेशा बहत कम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि दी है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की श्री शाह ने कहा कि दोनों स्वाधीनता सेनानियों ने लोगों में आजादी की भावना जगाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दोनों महान स्वाधीनता सेनानियों को अपनी श्रद्वांजलि दी है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महान स्वाधीनता सेनानियों को अपनी श्रद्वाजलि दी है